सर्वोच्च न्यायालय मुसलमानों में बह् पत्नी और निकाह हलाला से सम्बधित याचिकाओं की स्नवाई पर सहमत हो गया है हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमति कविता जैन ने चार साल में अपने विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया कहा बिजली व्यवस्था में स्धार के लिए कचरा प्रबंधन संयंत्र लगाये जायेंगे हरियाणा में म्ख्यमंत्री ने गुरूग्राम में नागरिक अस्तपताल को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र को देश में लोकपाल की निय्क्ति के निश्चित समय के बारे दस दिन में बताने को कहा है न्यायाधीश रंजन गगोई और न्यायामूर्ति आर भानूमति की खंडपीठ ने सरकार से हल्फनामा दाखिल कर लोकपाल की निय्क्ति के लिए उठाये गये कदमों की विस्तृत जानकारी देने को भी कहा है सरकार की ओर से अर्टानी जनरल के के वेण्गोपाल ने लोकसभा की निय्क्ति के लिए सरकार से प्राप्त लिखित निर्देश खंडपीठ के समक्ष पेश किये

सर्वोच्च न्यायालय म्सलमानों में बहपत्नी और निकाह हलाला की प्रथा को च्नौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के लिए सहमत हो गया है प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी शेखर की इस दलील पर विचार किया कि इन याचिकाओं को स्नवाई के लिए पांच जजो की संविधान पीठ को सौंप दिया जाये दिल्ली में याचिकाकर्ता में से एक समीना बेगम के वकील शेखर और अशिवनी उपाध्याय ने आरोप लगाया कि उनकी म्वक्लि को धमकी दी गई है और कहा गया है कि वो निकाह हलाला और बहविवाह को च्नौती देने अपनी याचिका वापस ले ले पीठ के अतिरिक्त महाधिवक्ता त्षार मेहता को केन्द्र की आरे से इस मुद्दे पर सम्बधित याचिका का जबाव दाखिल करने को कहा है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के लोगों को वैक्टर जनित रोगों से स्रक्षित रखने के लिए घर घर जाकर ब्खार के मरीजों की जांच की जाएगी और रोगों की पहचान कर उनका अस्पतालों ईलाज श्रू किय जायेगा

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जूलाई से नवम्बर तक मच्छरों व इन बीमारियों के पनपने का समय होता है इसलिए सावधानी के तौर पर उचित उठाने चाहिए

हरियाणा के प्लिस महानिदेशक श्री बी एस संधू ने आज चंडीगढ़ में बताया कि म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने हांसी में नये यातायात प्लिस स्टेशन की स्थापना को स्वीकृति दे दी है उन्होंने कहा कि हांसी शहर में निरतंर बढ़ते यातायात के दृष्टिगत यहां एक नया यातायात प्लिस थाना स्थापित किया जा रहा है इसमें भीड़ वाहनों की संख्या और यातायात को नियत्रिंत करने में मदद मिलेगी

आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता सम्मेलन मे उन्होंने कहा कि ग्रूग्राम फरीदाबाद और सोनीपत पानीपत कल्स्टर में इन संयंत्रों पर काम चल रहा है छ अन्य कलस्टरों के लिए टेंडर जारी हो च्के है

श्रीमति कविता जैन ने कहा कि स्रक्षा के लिए पालिकाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाये जा रहे है

हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ग्रूग्राम में नागरिक अस्पताल को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है नागरिक अस्पताल के साथ राजकीय विद्यालय की तीन एकड भूमि लेकर लगभग नौ एकड़ भूमि पर अस्पताल का भवन बनाने का नक्शा जल्द तैयार किया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल का न्या भवन तक चिकित्सा सेवा प्राने भवन में चलती रहेगी

विभागीय प्रवक्ता के अन्सार विभाग ने महाविद्यालयों से स्मार्ट क्लासरूमस के लिए कम्प्यूटर शीर्ष में उपलब्ध कोष के तहत जी ई एम पोर्टल से आवश्यक हार्डवेयर खरीदने को कहा है यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के गनमैन प्नीत को उनकी ही सर्विस रिवालवर से गोली मार कर घायल कर दिया गया है घायल प्नीत पीजीआई चंडीगढ़ में उपाचाराधीन है औ उनकी हालत गंभीर बनी हई है और गोली चलाने वाला प्नीत का दोस्त की बताया गया है प्लिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है पंचकूला से विधायक एवं म्ख्य सचेतक ज्ञान चंद ग्प्ता ने जिला सचिवालय के सभागार में आज म्ख्यमंत्री राहत कोष के तहत विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त चार व्यक्तियों को चार लाख रूपये के चेक वितरित किये उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा अबतक बयालिस लाभपात्रों को मुख्यमंत्री राहत कोष से बीस लाख नब्बे हजार रूपये की सहायता दी जा च्की है भिवानी जिले के गांव चांग ढाणा लाडनप्र और रूपगढ़ म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत रौशन होंगे यहां योजना के तहत चौबीस घंटे बिजली दी जायेगी